आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी एसे बयानों और विचारधारा का कभी समर्थन नहीं करती उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से हटा दिया गया श्री नड्डा ने यह भी कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को इस सत्र में संसदीय पार्टी की बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी उधर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रज्ञा ठाकुर की कथित टिप्पणियों की निन्दा की है आज जैसे ही लोकसभा की बैठक शुरू हुई कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया और प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कारवाई की मांग की इसका जवाब देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी देश के आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे उन्होंने गोडसे का समर्थन करने वाली विचारधारा की कड़े शब्दों में आलोचना की गौरतलब है कि भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कल लोकसभा में यह विवादास्पद टिप्पणी की थी महाराष्ट्र शपथ शिवसेना अध्यक्ष उद्वव ठाकरे आज महाराष्ट्र में नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे शपथ ग्रहण समारोह शाम मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित किया जाएगा उद्वव ठाकरे शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सरकार के प्रमुख होंगे

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उपमुख्यमंत्री और उप विधानसभाध्यक्ष के पद जबकि कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलेगा इसके साथ ही तीनों दलों में प्रत्येक से कुछ सदस्य मंत्री पद की शपथ लेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अनूठी पहल जब आला अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी संस्थानों में पढ़ने भेजते है तो उस संस्थान की कायापलट होने में देर नहीं लगती ऐसी एक पहल सतना जिले की जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेरणा सिंह ने की है उन्होंने अपनी ढाई साल की बेटी मर्णिका सिंह का दाखिला जिले के आंगनवाड़ी केन्द्र में कराया है सीईओ प्रेरणा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्र में सभी बच्चों को अच्छे माहौल में बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा शामिल हो सके इसलिए विकासखण्डों में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है इन शिविरों में खेल विभाग के ग्रामीण युवा समन्वयकों द्वारा युवाओं को सेना में भर्ती के संबंध में जानकारी दी जा रही है इसके अलावा युवाओं के अलग अलग बैच बनाकर दौड़ कराई गई और उपयुक्त उम्मीदवार चिंहित किए गए

यह घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने की

श्री चौधरी ने कल एक कार्यशाला में कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में सुधार के लिये सघन अभियान चलाया गया है

इसमें महिलाओं ने कचरे को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकते पाये जाने वालो पर जुर्माना लगाने का सुझाव दिया

पहली घटना ग्राम खेड़ाकलां में और दूसरी सबलगढ़ में हुई